अपर सियांग जिले के मारियांग में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव पद्धति में बुराई के चलते राज्य की छवि पर असर पड़ रहा है और सभी तरह के पिछड़ेपन का भी ये प्रमुख कारण है मुख्यमंत्री ने लोगो से अपने मताधिकार का उपयोग कर राज्य के विकास और लोगो के कल्याण के लिए कार्य करने वाले नेताओं के चयन में करने की अपील की श्री खांडू ने कहा कि चुनाव में धन के दुरुपयोग से आम लोग विकास से वंचित हो रहे है और या तो नेता पांच सालों तक वंचित हो रहे है

राज्यपाल बी डी मिश्रा ने कहा है कि सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही कार्य योजना और उस पर ईमानदारी जबाबदेही पारदर्शिता के साथ अमल के अलावा मध्यावधि में संशोधन आवश्यक है आज ईटानगर में सतत विकास पर आधारित दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उग्रवाद और पर्यावरण को नुकसान से सतत विकास प्रभावित होता है उन्होंने आंतरिक सुरक्षा और पर्यावरण की किसी भी कीमत पर रक्षा करने पर जोर दिया राज्यपाल ने राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुचाने वाले तत्वो से भी सतर्क रहने को कहा है श्री मिश्रा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान सड़क बिजली पेयजल शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य न्याय और कार्य करने का अवसर मूल आवश्यकता है उन्होंने इन्ही ग्यारह मूल भूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजना बनाने की वकालत की ख़्फिया एजेंसियों को कम्प्यूटरों में रिकॉर्ड सूचनाओं की जांच का अधिकार देने के केंद्र सरकार आदेश के खिलाफ विपक्ष के शोर शराबे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरु हुई तो विपक्ष ने नेता गुलाम नबी आजाद ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ये देश में अघोषित आपातकाल जैसा है उन्होंने आरोप लगाया कि इस आदेश को जारी कर सरकार ने लोगों की निजता का अतिक्रमण किया है इस मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच गर्मागरम बहस भी हुई श्री आजाद के आरोपो का उत्तर देते हुए सदम के नेता और केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा लोक व्यवस्था और देश की अखंडता को मिल रहे खतरे को देखते हुए जारी किया गया है उन्होंने कहा कि सरकार ने उसी कार्यकारी आदेश को अधिसूचित किया है जो पहले यूपीए सरकार ने दो हजार नौ में जारी किया था श्री जेटली के समर्थन में बोलते हुए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसके दुरुपयोग की आशंकाओं का खंण्डन किया

केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल ने कहा कि सरकार राफाल सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर किसी भी समय चर्चा के लिए तैयार है आज लगातार नौवा था जब बार बार व्यवधानों के कारण राज्यसभा में कोई भी विधायी कार्य नहीं हो सका लोकसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण छब्बीस दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है अब सदन की बैठक सत्ताईस दिसंबर को होगी केंद्र सरकार ने स्टार्ट अप यानि नए उद्यमों और इनमें निवेश करने वाले नए उद्यमियों के कर भुगतान से जुड़े सभी मुद्दों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है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 आज का अधिकतम तापमान अट्ठाईस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बारह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया